योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

बेवकॉस्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाएंगे

शिक्षक संवाद मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास किए जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी कल शिक्षकों से संवाद के दौरान दी खास बात यह है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाए गए रोड मेप के अंतर्गत भी शिक्षा के संबंध में व्यापक विचार विमर्श कर क्रियान्वयन की तैयारी की गई है

उन्होंने कहा कि दुर्गा विसर्जन के संबंध में समयानुसार गाइड लाइन जारी की जाएगी श्री चौहान कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन का क्रियान्वयन आवश्यक है इस बीच आज राज्य में रविवार का लॉकडाउन नहीं है वहीं रात्री कपर्यू भी खत्म कर दिया गया है गुना कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने लोगों से ज्यादा अहतियात बरतने की अपील की

कलेक्टर अनय द्विवेदी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है मुरैना मंदसौर रतलाम और राजगढ में बीना मास्क के घुमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने लॉकडाउन के संबंध में नये आदेश जारी किये हैं

पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थलों पर झांकी लगाना प्रतिबंधित किया है

उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र का आधार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होती है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का आधार शिक्षक होते है जल पर्यटन आधी क्षमता के साथ प्रदेश में जल पर्यटन फिर से शुरू हो गया है पर्यटन निगम ने इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं